आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी स्रक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लाभार्थी बेहिचक टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

समीक्षा बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये जिनमें कोविड मरीज़ो के उपचार के लिए आवश्यक चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी बैठक के दौरान राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट को कम से कम चार महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया

बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि अध्यापकों की निगरानी में कोविड प्रबंधन कार्यो में एमबीबीएस की डिग्री पूरी करने के बाद प्रशिक्षण लेने वाले चिकित्सकों को तैनता करने की अन्मति दी जाये

यह भी फैसला लिया गया कि डिग्री डिप्लोमा और मिडवाईफरी का कोर्स करने वालों की सेवायें भी वरिष्ठ चिकित्सकों या नर्सो की निगरानी मे कोविड देखभाल के लिए ली जाये

कोविड से सम्बाधित कार्यो में लेग मेडिकल छात्रों और पेशेवरों का टीकाकरण किया जायेगा इसके अलावा इस कार्य मे लगे स्वास्थ्य पेशेवरों को सरकार की बीमा योजना के तहत लाया जायेगा

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कोविड मरीज़ों को राहत प्रदान करने के लिए मानव संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इन प्रोत्साहनों पर विचार करें

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन के वितरण की मात्रा को बढ़ाया गया है तथा इस समय आवश्यकतान्सार सभी जिलों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है

उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखने के लिए सभी जिलों में अधिकारियों की टीम बनाई गई है उन्होंने कहा कि अब सरकार का प्रयास है कि अस्पतालों मे ऑक्सीजन की आपूर्ति के बाद डॉक्टर के परामर्श के अनुसार मरीज़ों को व्यक्तिगत रूप से भी ऑक्सीजन की स्विधा उपलब्ध करवाई जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने के बाद अब वेंटीलेटर की संख्या बढ़ाई जा रही है और अगर किसी जगह वेंटीलेटर का उपयोग नहीं हो पा रहा है तो ऐसे वेंटीलेटर को जरूरत वाले स्थानों पर भेजा जायेगा ताकि अधिक से अधिक मरीज़ की जरूरत सुविधा मिल सकें

मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड व साधारण बैड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है म्ख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेंत्रों में प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य सम्बधी सर्वेक्षण करवाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि अगर इस सर्वेक्षण मे किसी व्यक्ति मे कोरोना के लक्ष्ण मिलते है तो उस व्यकित को त्रंत घर में एकांतवास में रहने की सलाह दी जो ताकि संक्रमण की संभावना को रोका जा सकें

अगर कोई व्यक्ति या द्कानदार आवश्यक वस्त्ओं की कालाबाज़ारी करता है निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर बिक्री करता है या वस्तुओं का अनावश्यक से भंडारण करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायें

खेल मंत्री ने निजी कोष से इस ऑक्सीजन संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है

उन्होंने पिहोवा के अस्पताल की नई इमारत का निरीक्षण करते हये निर्माण से सम्बधित अधिकारियों को तीन सप्ताह में अस्पताल के दो तल के अलावा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इमारत जल्द तैयार करने और यहां के रास्ते द्रूस्त करने के निर्देश भी दिये